इस मौके पर दिल्ली में लाल किला परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी की लड़ाई में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि नेताजी अंग्रेजों की बांटों और राज करो नीति के विरोधी थे लेकिन उनका यह सपना प्ररा नही हुआ श्री मोदी ने कहा कि आज भी देश की एकता और संविधान पर हमले हो रहे है ऐसे में प्रत्येक नागरिक नेता जी से प्रेरणा लेकर ऐसी ताकतों के खिलाफ लडने का संकल्प लें

श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक को देश को समर्पित करते हुए कहा कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के कर्तव्य पालन सतर्कता और समर्पण के कारण देश में शांति की स्थापना हो रही है

श्री मोदी ने युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाकर शहीद जवानों को सलामी भी दी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सुरक्षा बलों के कई पूर्व जवानों को सम्मानित भी किया

इस मौके पर जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में कार्यक्रम आयोजित गया इसमें प्रलिस महानिदेशक ओपी गल्होत्रा ने कर्तव्य पालन के दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को स्मरण कर श्रद्धांजलि दी

पुलिस शहीद दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों आरएसी और रेंज मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित कर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया जा रहा है विशिष्ठ महानिदेशक एनआरके रेड्डी ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस बार वरिष्ठ अधिकारी शहीद पुलिसकर्मियों के घरों में जाकर उनके परिवारजनों की कूशलक्षेम प्रछेंगे आमजन को पुलिस की बहादुरी से अवगत कराने के लिये शहीद पुलिसकर्मी के स्कूल और कॉलेज जाकर वहॉ भी उनके वीरतापूर्ण कार्यो के बारे में बताया जायेगा

हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन विभाग ने इसी कड़ी में मतदान को प्रोत्साहित करने वाला एक लोकगीत जारी किया है

ब्लॉक अध्यक्षों की देखरेख में होने वाले कार्यक्रम में ब्रथ से लेकर प्रदेश स्तर के नेता शामिल हो रहे है कार्यक्रम के तहत शहर के विभिन्न बाजारों से जनसंपर्क रैली निकाली जा रही है

उन्होंने कल जयपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और प्रदेश के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की श्री अरोडा ने राज्य में स्वतंत्र निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए इस अवसर पर निर्वाचन आयोग के उपायुक्त संदीप सक्सेना भी उपस्थित रहे

इस मौके पर वायु सेना की ओर से युद्ध प्रदर्शनी भी लगाई गई है एयर शो के पहले दिन आज वायु सेना की सूर्य किरण और आकाश गंगा स्काई डाइविंग की टीमों ने रोमांचित करने वाले करतब दिखाए कार्यक्रम में वायुसेना के बैण्ड ने संगीत की मधुर प्रस्तुति देकर दर्शकों की तारीफें बटोरी इस मौके पर पश्चिमी वायु सेना कमान के कमाण्डिंग इन चीफ एयर मार्शल सी हरी कुमार भी मौजूद रहे